प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदो ने भारत को हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की लोगों से अपील की है आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि हर क्षेत्र में वृद्धि दर को तज करना और देश का विकास आत्मनिर्भर भारत के लिए आवश्यक है आत्मनिर्भर भारत अभियान में वर्चुअल गेम्स हों टॉय का सेक्टर हो सबने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है और ये अवसर भी है जब आज से सौ वर्ष पहले असहयोग आंदोलन शुरू हुआ तो गांधी जी ने लिखा था कि असहयोग आन्दोलन देशवासियों में आत्मसम्मान और अपनी शक्ति का बोध कराने का एक प्रयास है आज जब हम देश को आत्मनिर्मर बनाने का प्रयास कर रहे हैं तो हमें पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना है हर क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाना है प्रधानमंत्री ने कहा कि इस महीने के शुरू में आत्म निर्भर भारत ऐप नवाचार चुनौती में देशभर से युवाओं ने बहुत ही उत्साहपूर्वक भाग लिया इसमें लगभग सात हजार प्रविष्टियां प्राप्त हुईं जिनमें से दो तिहाई ऐप दूसरी और तीसरी श्रेणी के शहरों के युवाओं ने तैयार किए प्रधानमंत्री ने देश की यवा प्रतिभाओं से भारत पर आधारित कम्प्यूटर गेम तैयार करने की अपील की श्री मोदी ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए ऑनलाइन गेम और खिलौना क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण हैं प्रधानमंत्री ने स्टार्टअप कंपनियों से मिलकर काम करने और भारत को खिलौना उत्पादन के प्रमुख देश के रूप में स्थापित करने की अपील की भारत के कुछ क्षेत्र टॉय क्लस्टर्स यानी खिलौनों के केन्द्र के रूप में भी विकसित हो रहे हैं जैसे कर्नाटक के रामनगरम में चन्नापटना आन्ध प्रदेश के कृष्णा में कोंडापल्ली तमिलनाडु में तंजौर असम में धुबरी उत्तर प्रदेश का वाराणसी कई ऐसे स्थान हैं

लेकिन भारत का हिस्सा उसमें बहुत कम है

प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बच्चों के जीवन पर खिलौनों के प्रभाव पर काफी ध्यान दिया गया है प्रधानमंत्री ने कोराना संकट के दौरान किसानों की भूमिका की सराहना की श्री मोदी ने कहा कि भारतीय कृषि कोष का निर्माण किया जा रहा है जिससे प्रत्येक जिले को फसलों और उनके पोषण मूल्य की पूरी जानकारी मिल सकेगी श्री मोदी ने कहा कि ये समय उत्सव का होता है और कोरोना के संकट के बावजूद लोग पर्व और पर्यावरण के बीच संतूलन बनाकर काम कर रहे हैं

श्री मोदी ने पोषण अभियान के लिए जनभागीदारी को महत्वपूर्ण बताया

पोषण सप्ताह हो पोषण माह हो इनके माध्यम से ज्यादा से ज्यादा जागरूकता पैदा की जा रही है स्कूलों को जोड़ा गया है जैसे क्लास में एक क्लास मॉनीटर होता है उसी तरह न्यूट्रिशन मॉनीटर भी हो रिपोर्ट कार्ड की तरह न्यूट्रिशन कार्ड भी बने

उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि शिक्षकों ने कोरोना संकट से उत्पन्न चुनौती को स्वीकार करते हुए इसे अवसर में बदल दिया है उन्होंने कहा कि आज प्रौद्योगिकी का अध्यापन के लिए सहजता से उपयोग हो रहा है

यात्रियों की अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा पर भी प्रतिबंध होगा केवल गृह मंत्रालय की स्वीकृति से ही इसकी अनुमति दी जाएगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रदेश में इन्सेफेलाइटिस के मामले में कमी आयी है उन्होंने कहा कि हम संक्रमण से बचाव की दिशा में तेजी से काम कर रहे हैं

इससे पूर्व कल मुख्यमंत्री ने वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर समेत दस हजार करोड़ रूपये की लागत वाली लगभग सौ विभिन्न विकास परियोजनाओं के कार्यो की रफ्तार तेज करने के अधिकारियों को निर्देश दिये और कई निर्माण कार्यो का स्थलीय निरीक्षण किया उन्होंने निर्माण कार्यो में कोरोना के मद्देनजर एहतियाती उपायों के साथ मजदूरों की संख्या बढ़ाने समेत तमाम ऐसे उपाय करने के लिए कहा है ताकि निर्माण कार्य में कोई बाधा उत्पन्न न हो

देश में स्वस्थ हुए लोगों की संख्या रोगियों की तुलना में साढ़े तीन गुना हो गयी है

प्रदेश में पिछले चौबीस घंटे के दौरान कोरोना वायरस से संक्रमण के छः हजार दो सौ तैंतिस नये मामले सामने आये हैं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद ने आज बताया कि संक्रमित होने के बाद पूरी तरह स ठीक हो चूके मरीजों की संख्या एक लाख सढ़सठ हजार पॉच सौ तेतालिस है जबकि मृत्यु दर घटकर एक दशमलव एक पाँच प्रतिशत हो गयी है

यह दिन पैगंबर मोहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत की याद में मनाया जाता है जिन्होंने सत्य और न्याय के लिए कर्बला में अपने प्राणों का बलिदान दिया प्रदेश में कोविड महामारी को देखते हुए इस बार मोहर्रम के सामूहिक जुलूस पर पूर्णतयाः प्रतिबन्ध है कर्बला के शहीदों की शहादत की याद में मजलिस और धार्मिक सभाएं एहतियाती दिशा निर्देशों का पालन करते हुए घरों पर ही रहकर आयोजित की जा रही है इस अवसर पर प्रदेश भर में सुरक्षा के व्यापक प्रबन्ध किये गये हैं मोहर्रम माह के दसवें दिन आज यौम ए अशुरा पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने हजरत इमाम हुसैन की शहादत को याद किया है श्री मोदी ने कहा है कि हजरत इमाम हुसैन के लिए सत्य और न्याय से बड़ा कुछ भी नहीं था जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सर्च आपरेशन के दौरान आतंकियों से हुई मुठभेड़ में शहीद हुए प्रशात शमा का आज उनके गृह जनपद मुजफ्फरनगर में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कर दिया गया

कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शहीद के परिजनों के प्रति सांत्वना व्यक्त करते हुए परिजनों को पचास लाख रूपये की आर्थिक सहायता और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की घोषणा की है जिले की एक सड़क का नाम शहीद के नाम पर रखा जायेगा